निर्वाचन आयोग ने बैंकों को उम्मीदवारों को खाता खोलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने को कहा

दीपावली के दूसरे दिन आज गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है भाजपा सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपने बत्तीस और उम्मीद्वारों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने भोपाल की गोविन्दपुरा सीट पर कृष्णा गौर को उम्मीदवार बनाया है

पाटन से पूर्व मंत्री अजय विश्नोई भिण्ड से चौधरी राकेश सिंह मेंहगांव से राकेश शुक्ला अंबाह से शिवमंगल सिंह तोमर डबरा से कप्तान सिंह गाडरवाड़ा से गौतम पटेल सांवेर से राजेश सोनकर घटिटया से अजीत बोरासी अमरवाड़ा से रामखिलावन पटेल देपालपुर से मनोज पटेल तेंद्खेड़ा से मुलायम सिंह निवाड़ी से अनिल जैन और पथरिया से लखन पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है

कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नरेन्द्र नाहटा को मंदसौर से टिकट दिया है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार संजय सिंह मसानी को वारासिवनी से प्रत्याशी बनाया गया है इन्दौर एक से प्रीति अग्निहोत्री इन्दौर चार से सुरजीत सिंह चड़डा उज्जैन उत्तर से राजेन्द्र भारती और उज्जैन दक्षिण से राजेन्द्र वशिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी ने सिरोंज और बुरहानपुर से अपने उम्मीद्वार बदले हैं प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मसर्रत शाहिद को सिरोंज से और रवीन्द्र महाजन को बुरहानपुर से टिकट दिया गया है ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक और जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया को उम्मीद्वार घोषित किया गया है उम्मीदवार बैंक खाता निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में सभी बैंकों को आदेश दिये हैं कि वे खाता खोलने के लिये उम्मीद्वारों को हो रही कठिनाइयों को दूर करें नियम के अनुसार उम्मीद्वारों को विधानसभा चुनाव के लिए नये बैंक खाते खोलने और इसकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ आयोग को देना जरूरी है

रिजर्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए विदेश से ऋण लेने संबंधी नियमों को सरल कर दिया है रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ब्रनियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋणों संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच साल से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है इसके अतिरिक्त निवेश जोखिम प्रबंधन यानी हेजिंग के लिए अनिवार्य अवधि दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष की गई है गैर बैंक ऋणदाताओं से कर्ज लेने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया है

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी दिल्ली में होने वाले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान में कहा है कि नोटबंदी से लगे झटके से छोटे और मझौले व्यापारी अब तक नहीं उबर पाये है और रोजगार पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है जेटली बयान उधर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबन्दी सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की श्रृंखला में एक प्रमुख कड़ी थी नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने पर श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से कालाधन वापस लाना और टैक्स का भूगतान करके कालेधन को समाप्त करना था नोटबंदी से लोगों को नकद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी जिससे वास्तविक नकदी का पता चल सका और टैक्स जमा करने वालों की भी संख्या में काफी इजाफा हुआ श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नकदी लेन देन काफी हद तक कम हो गया है

चुनाव प्रचार प्रदेश में अधिकांश राजनैतिक दलों ने अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है उसके साथ ही कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिये हैं राज्य के कई स्थानों में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है हालांकि अभी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है लेकिन उम्मीदवार प्रचार में लगातार व्यस्त हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार शुरू हो गया है उधर जिला प्रशासन निष्पक्ष मतदान के लिये लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके रखने में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं वहीं कांग्रेस ने फिलहाल तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं लेकिन ब्दनी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं

समारोह में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी

उदघाटन सत्र में मुक्तिबोध की सामाजिक चेतना विषय पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ रामेश्वरम ़तिवारी और डॉ राधावल्लभ शर्मा का वक्तव्य होगा दीपावली पर्व दीपावली के दूसरे दिन आज गोवर्धन पर्व और अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है इस मौके पर घरों के आंगन में गाय के गोवर से गोवर्धन नाथ बनाकर पूजन किया जाता है गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकट उत्सव के आयोजन किये जा रहे हैं आगर मालवा में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा पशुओं को नहलाकर मेंहदी लगाई गई है आभुषणों और फुलमालाओं से सजाया गया है आगरमालवा जिले में आज के दिन सुहाग पडवा भी मनाया जाता है इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं ब्रहममुहर्त में स्नान कर पूजा अर्चना करती है निमाड़ अंचल में गोबर से विभिन्न देर्वो की आकृति बनाकर पांच दिनों तक पूजन किया जायेगा शिवपुरी में भी गोवर्धन पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है और अन्नकूट का दौर भी जारी है

खेलकूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की खेलकूद स्पर्धा इन्दौर में आयोजित की गई इसमें पांच राज्यों ने भाग लिया मध्यप्रदेश के अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान छत्तीसगढ़ और दिल्ली के भविष्य निधि कार्यालयों के कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हुए अंतिम दिन खेले गये टेबिल टेनिस के फायनल मैच में मेजबान मध्यप्रदेश ने हरियाणा को पराजित कर पहला स्थान प्राप्त किया

मध्यप्रदेश की टीम ओवरआल चैम्पियन रही